कर्फ्यू की समय सीमा सुबह छह बजे तक होगी प्रदेश में कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी

सक्रिय मामलों की संख्या एक लाख से अधिक हुई

एक करोड़ सत्तर लाख से अधिक लोगों ने करवाया निबंधन

इकतीस मई तक होगी गेहूं की खरीद कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है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 सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें अठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं अठारह से चौवालीस आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान एक मई से शुरू हो रहा है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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें अब समाचार विस्तार से कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हये प्रदेश में आज शाम छह बजे से बारह घंटे का कर्फ्यू लागू हो गया है कर्फ्यू की समय सीमा सुबह छह बजे तक होगी नई व्यवस्था पन्द्रह मई तक प्रभावी रहेगी कोरोना संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने कल नये दिशा निर्देश जारी किये थे अनिवार्य सेवाओं पर ये निर्देश प्रभावी नहीं होंगे नये प्रावधानों के अनुसार दुकानें आज शाम चार बजे तक ही खुली रहीं वहीं सरकारी और निजी कार्यालय आज से पच्चीस प्रतिशत उपस्थिति के साथ ही संचालित हुए साथ ही सभी कार्यालय शाम चार बजे बंद हो गये दिशा निर्देशों के अनुसार अब शादी समारोह में मात्र पचास लोगों को और अंतिम संस्कार में बीस लोगों को जाने की अनुमति दी गयी है शादी समारोह को रात दस बजे तक ही पूरा कर लेना अनिवार्य होगा शादी समारोह में डीजे पर प्रतिबंध रहेगा सभी जिलाधिकारियों को संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुये विशेषाधिकार दिये गये हैं जिलाधिकारी कंटेनमेंट जोन बनाने और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार दुकानों के खुलने के समय का निर्धारण करने के लिये अधिकृत किये गये हैं साथ ही राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को नये दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है प्रदेश में कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है

स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज कोविड संक्रमण के तेरह हजार नवासी नये मामले सामने आये हैं पिछले चौबीस घंटे में संतानवे हजार नौ सौ बहत्तर नमूनों की जांच हुई पटना से दो हजार एक सौ छियासी नये मामलों की पुष्टि हुई है

बेगूसराय से छह सौ छियासठ पश्चिम चंपारण से पांच सौ नब्बे नालंदा से पांच सौ नौ पूर्णिया से चार सौ तिरासी और मुजफ्फरपुर से चार सौ अठहत्तर मामले सामने आये हैं वहीं इसी अवधि में आठ हजार आठ सौ अठारह मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर कर तीन लाख चालीस हजार दो सौ छत्तीस हो गयी है स्वस्थ होने की दर सतहत्तर प्रतिशत से अधिक है एक दिन में नवासी लोगों की मौत के साथ ही राज्य में कोविड से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर दो हजार चार सौ अस्सी हो गया है देश भर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोरोना के रिकार्ड तीन लाख उनासी हजार से अधिक नये मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसी अवधि में दो लाख उनहत्तर हजार से अधिक लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी वहीं एक दिन में इस वैश्विक महामारी से तीन हजार छह सौ पैंतालीस लोगों की मौत हुई है कोरोना से निपटने के लिये सीतामढ़ी जिले के बाजपट़टी विधानसभा क्षेत्र से राजद विधायक मुकेश कुमार यादव ने अपने विधायक निधि से पचास लाख रूपये दिया है श्री यादव ने बताया कि इस राशि से बेड ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर जैसे आवश्यक उपकरण खरीदने की अनुशंसा की गयी है कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बक्सर जिले के सभी पंचायतों में सर्दी बुखार और कोविड के अन्य लक्षणों वाले मरीजों की पहचान के लिये सर्वे का काम शुरू हो गया है इस काम में जीविका दीदी और आंगनबाड़ी सहायिका सेविका की मदद ली जा रही है पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल स्थित हजारीमल उच्च विद्यालय में पच्चीस बेड वाले ऑक्सीजन युक्त अस्थायी कोविड अस्पताल की स्थापना की जायेगी स्थानीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि इसमें सभी मरीजों का निःशुल्क इलाज होगा तीसरे चरण के कोविड टीकाकरण के लिए कल से अब तक एक करोड़ सत्तर लाख से अधिक लोग कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं अठारह वर्ष और इससे अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण शनिवार से शुरू होगा एक रिपोर्ट साउंड बाईट इस फेज में टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और वहीं से लोगों को टीका लगवाने की जगह और तारीख का पता चलेगा पिछले चरण की तरह लोग फेज में जाकर टीका नहीं लगावा सकेंगे लोगों को अपने मोबाइल नम्बर में माध्यम से कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा इस पोर्टल पर उन्हें जरूरी जानकारियों के अलावा एक फोटो युक्त पहचान पत्र अपलोड करना होगा इसके बाद उन्हें टीकाकरण की तारीख अपनी सुवधा के अनुसार तय करना होगा इन प्रक्रियों को पूरा करने के बाद मोबाइल पर पंजीकरण पृष्टि का एक मैसेज आयेगा जिसे टीकाकरण के समय दिखाना होगा इस चरण में केन्द्र ने राज्यों और निजी अस्पतालों को भी उत्पादक से टीका खरीदने का भी छूट दी है

इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म बिना किसी तकनीकी बाधा के काम कर रहा है मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कोविन प्लेटफॉर्म के क्रैश हो जाने की मीडिया में आ रही खबरें निराधार हैं और पूरी प्रणाली बिना किसी व्यवधान के काम कर रही है इस बीच बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि अठारह से चौवालीस वर्ष आयु वर्ग के लोगों का एक मई से टीकाकरण शुरू नहीं हो सकेगा राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि निबंधन की प्रक्रिया जारी रहेगी लेकिन इसमें टीकाकरण के स्थान का चयन नहीं हो सकेगा राज्य में अब तक उनहत्तर लाख पचपन हजार से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाये जा चुके हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान सतासी हजार तीन सौ अड़तालीस लोगों को टीका लगाया गया है इधर देश भर में अब तक सोलह करोड़ सोलह लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है केन्द्र सरकार ने देश में कोविड महामारी की स्थिति के कारण बढती मांग के बीच महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों के आयात की प्रकिया तेज कर दी है केंद्र सरकार ने कोविड मरीजों को राहत देने के लिए सत्रह आवश्यक चिकित्सा उपकरणों के आयात की अनुमति दी है

नये प्रावधानों के अंतर्गत सीमा शुल्क से त्वरित मंजूरी के बाद आयातको को अनिवाय रूप से घोषणा पत्र देना होगा ऐसा करने पर प्रक्रियात्मक कारणों से आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की द्लाई में होने वाली देरी से बचा जा सकेगा उपमोक्ता कार्य विमाग ने कल इस संबंध में आदेश जारी किया जो तीन महीने तक लागू रहेगा नेवुलाइजर्स ऑक्सीजन कसेनट्रेटर सीपीऐपी और बीआईपीएपी वैक्अम प्रेशर स्विंग एडजोपर्शन ऑक्सीजन प्लांट क्रायोजेनिक ऑक्सीजन एयर सेपेरेशन यूनिट के आयात की अनुमति दी गई है इसके ैअलाया ऑक्सीजन कैन ऑक्सीजन फिलिंग प्रणाली और क्रायोजेनिक सिलेंडरों तथा वेटीलेटरों सहित ऑक्सीजन सिलेंडर के आयात की भी अनुमति दी गई है विमाग ने निर्देश दिया है कि आयातक राज्य के अधिकारियों को आयात करने वाले ऐसे समी उपकरणों के बारे में सुचित करेंगे विमाग ने कहा है कि चिकित्सा उपकरणों की बढ़ती मांग से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए आपात स्वास्थ्य स्थिति और चिकित्सा उद्योग को इन उपकरणों की तत्काल आपूर्ति करने के लिए यह फैसला लिया गया है समाचार कक्ष से मैं नईम अखतर एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर अंजन त्रिखा ने कोरोना से बचाव में दोहरे मास्क को अधिक सुरक्षित और लाभदायक बताया है साउंड बाईट डबल मास्किंग का मतलब है दो मास्क लगाना दो मास्क लगाने का फायदा यह है कि पूरी तरह से नाक मुँह थोडी के नीचे तक मास्क टाईटली बंध जाता है उसके ऊपर दूसरे मास्क से दोगुनी प्रोटेक्शन हो जाती है आजकल के दिनों में यह लाजमी यह माना गया है क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि जो वायरस है यह हवा के जरिये ही हमारे अंदर घुसता है अगर हम ये दो मास्किंग लगा देते हैं तो बहुत ही कम चान्सेज है कि यह वायरस हमारे शरीर के अंदर जा सकते हैं नीति आयोग में स्वास्थ्य मामलों के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कोविड से बचाव के लिए अब घर में भी मास्क पहनने की सलाह दी है

हम बाहर की बात करते थे लेकिन संक्रमण जैसे ज्यादा है तो घर में भी बाइचांस किसी को आ गया है तो जहां तक हो के घर में जब हम किसी के साथ बैठे हैं तो मास्क लगाएं तो फायदा है लेकिन डेफिनेटली अगर कोई पॉजिटिव है उसको भी मास्क लगाना है बाकियों को भी लगाना है उसको दूसरे कमरे में रखना है केन्द्र सरकार ने वायरल हो रहे उस वीडियो मैसेज के दावों को खारिज किया है जिसमें कहा जा रहा है कि नेबुलाईजर मशीन को ऑक्सीजन सिलेंडर के विकल्प के रूप में अपनाया जा सकता है पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने एक ट्वीट में इस दावे को आधारहीन बताते हुए कहा है कि इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि नेबुलाईजर मशीन रक्त में ऑक्सीजन के स्तर को संतुलित बनाये रख सकता है वहीं एक अन्य ट्वीट में पीआईबी ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कोविड मरीजों की मौत होने पर उनके निकट आश्रितों को किसी प्रकार के बीमा का लाभ नहीं मिलता है जबकि कुछ खास परिस्थितियों में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत यह सुविधा दी जाती है चारा घोटाले के सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद शीघ्र ही जेल से बाहर आ जायेंगे उनकी जमानत से संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी हो गयी है रांची स्थित सीबीआई की अदालत ने लालू प्रसाद का रिलीज ऑर्डर जारी कर दिया है गौरतलब है कि पिछले दिनों झारखंड उच्च न्यायालय ने लालू प्रसाद को दुमका कोषागार अवैध निकासी मामले में जमानत दी थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी क्रय केन्द्रों पर गेहूं खरीद की सीमा सात लाख टन करने का निर्देश दिया है गेहूं की अधिप्राप्ति को लेकर मुख्यमंत्री ने आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की उन्होंने अधिकारियों से गेहूं खरीद की समय सीमा इकतीस मई तक रखने का निर्देश दिया है श्री कुमार ने कहा कि गेहूं अधिप्राप्ति को लेकर जितनी राशि की आवश्यकता होगी सरकार उपलब्ध करायेगी उन्होंने कहा कि पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और लचीला बनाने के लिये किसानों को किसी भी पैक्स या व्यापार मंडल में गेहूं बेचने की छूट होगी प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर आज तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई है हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि शेखपुरा नवादा लखीसराय और जमुई जिले में बारिश और ओलावृष्टि हुई है इधर मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जतायी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक जीशान अंसारी ने बताया कि नये सिस्टम के बनने से कुछ स्थानों पर बारिश की स्थितियां बनी हुई हैं

गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत जेपी चौक के पास अपराधियों ने हथियार के बल पर एक व्यक्ति से चार लाख रूपये लूट लिये समस्तीपुर जिले के विक्रमपुर बांधे चौक के पास अपराधियों ने एक बैंक की शाखा से एक लाख अस्सी हजार रूपये लूट लिये मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरानीगंज मुहल्ले से पुलिस ने छापेमारी कर दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार तस्करों के पास से चौदह अर्द्धनिर्मित पिस्तौल चौदह बैरल और नकद रूपये बरामद किये गये हैं

कर्फ्यू की समय सीमा सुबह छह बजे तक होगी प्रदेश में कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी

सक्रिय मामलों की संख्या एक लाख से अधिक हुई

एक करोड़ सत्तर लाख से अधिक लोगों ने करवाया निबंधन

इकतीस मई तक होगी गेहूं की खरीद